और बागेश्वर में पोषण पर आयोजित कार्यशाला में महिलाओं और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक आहार की जरूरत पर दिया गया बल राम मंदिर ट्रस्ट केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन का फैसला किया है

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ये ट्रस्ट भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि देने पर सहमत हो गई है प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के अयोध्या फैसले पर देशवासियों द्वारा दिखाई गई परिपक्वता की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रक्रियाओं पर उल्लेखनीय विश्वास व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि हिन्दुस्तान में हर पंथ के लोग चाहे वो हिंद मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी और जैन में से कोई भी हो सब एक विशाल परिवार के सदस्या हैं परिवार के हर सदस्य का विकास हो वो सुखी रहें इसी भावना के साथ सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आज संसद में घोषणा पर उन्हें बधाई दी है श्री शाह ने कहा कि आज समूचे देश के लिए खुशी और गौरव का दिन है गृह मंत्री ने भारत की अटल आस्था के प्रतीक भगवान श्रीराम का मन्दिर बनाने की प्रतिबद्धता के लिए भी प्रधानमंत्री को बधाई दी

मन्दिर संबंधी सभी फैसलों के लिए ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र होगा

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है

उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया से भारत की सुरक्षा बढ़ेगी और डिफेंस सेक्टर में रोजगार के नये अवसर भी बनेंगे श्री मोदी ने कहा कि देश में अटल जी के स्वप्नों की तर्ज पर स्वदेशी उत्पाद बन रहे हैं प्रदर्शनी में देश के एयरो स्पेस रक्षा और सुरक्षा परिदृश्य का समग्र प्रदर्शन किया जा रहा है देश विदेश की रक्षा विनिर्माण कंपनियां अपने उत्पादों और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं का प्रदर्शन कर रही हैं यह प्रदर्शनी नवाचार में लगे व्यक्तियों विनिर्माताओं कम्पनियों सरकारी और अन्य संबंधित पक्षों के लिए विचार विमर्श और परस्पर सम्पर्क का स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते युग के साथ सुरक्षा की चिंताएं और चुनौतियां गंभीर होती जा रही हैं इसलिए आज के डिफेंस एक्सपो की थीम भी आने वाली कल की चिंता और चुनौतियों से जुड़ी हुई है नई सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत समेत दुनिया की तमाम रक्षा सेनाएं नई टेक्नोलोजी को ईजाद कर रही है

उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद येसो नायक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश सरकार के अनेक मंत्री शामिल रहे

इस अवसर पर जिला समीक्षा और जनपद प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत मौजूद रहेंगे कार्यक्रम के तहत पत्रकारों छात्रों शिल्पकारों काश्तकारों महिला स्वयं सहायता समूहों पूर्व सैनिकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व्यवसायी और युवा वर्ग के साथ विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा सभी जिलों में आयोजित होने वाले जिला समीक्षा और जनपद प्रवास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों पर विधायकों जिला पंचायत अध्यक्षों ब्लॉक प्रमुखों के साथ जिलाधिकारी और जिलास्तरीय अधिकारी समीक्षा बैठकों में उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री का मानना है कि पिछले तीन वर्षो के कार्यकाल में सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ प्रभावी पहल की है इंस्पायर अवॉर्ड प्रतियोगिता साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तत्वावधान में बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए पोड़ी में दो दिवसीय जिलास्तरीय इंस्पायर अवॉर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

जिला स्तर पर चयन होने के बाद बाल वैज्ञानिकों के मॉडलों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में शामिल किया जायेगा

यह जानकारी आज लोकसभा में सांसद अजय भट्ट के एक प्रश्न के उत्तर में दी गई परियोजना के तहत अंतिम स्थान निर्धारण का सर्वे भूमि अधिग्रहण वन विभाग से मंजूरी भू तकनीकी जांच और समूची परियोजना के लिए पहुंच मार्ग संबंधी कार्य पूरे कर लिये गये हैं

ऋषिकेश में एक निचला सड़क पुल और एक ऊपरी सड़क पुल का काम पूरा हो गया है ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी पर एक महत्वपूर्ण ऊपरी रेल पुल का निर्माण शुरू किया गया है

उधर टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के लिए अद्यतन सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है

रामनगर चौखुटिया गैरसैंण रेल लाइन के लिए फील्ड सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है अब सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार करने का काम किया जा रहा है

इसमें बताया गया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक आहार जरूरी है इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स और साक्षर महिला समूह की सदस्यों को स्लाइड शो के जरिए समझाया गया कि पोषण अभियान के तहत घर घर जाकर महिलाओं को किस तरह से जागरूक किया जाना है कार्यशाला में यह भी बताया गया कि महिलाओं के साथ ही किशोरियों के लिए पोषाहार बहुत जरूरी है गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचने के लिए पोषक आहार का सेवन करना चाहिए ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहें

जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने बताया कि पोषण मिशन के तहत जल्द ही सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं में हिमोग्लोबिन की जांच की जाएगी ताकि यह पता लग सके कि कितनी बालिकाओं में खून की कमी है इसके बाद उन्हें पोषण युक्त आहार दिया जाएगा कार्यशाला रुद्रपुर रुद्रपुर में केन्द्र पोषित निर्भया फण्ड योजना के अन्तर्गत छात्राओं की कैरियर कांउन्सलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने कहा कि छात्र छात्राओं को कैरियर काउन्सलिंग की आवश्यकता है ताकि सुनहरे भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन हो सके

बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक वी के नेगी ने कहा कि यह मोबाइल एटीएम वैन पूरे जिले में जाकर लोगों को सुविधा देगी और डिजिटल लेन देन के बारे में भी बताएगी